उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने कहा ऑन लाइन शिक्षा पढ़ाई का है सर्वश्रेष्ठ माध्यम और इससे साक्षरता दर बढ़ाने में मिलती है मदद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये प्रदेश से पांच और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की आजमगढ़ से भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव जबकि रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह होंगे पार्टी के प्रत्याशी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में नामांकन पत्र दाखिल करने की आज अंतिम तिथि बदायूं से समाजवादी पार्टी के धर्मेन्द्र यादव जबकि रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जया प्रदा ने भरा अपना नामांकन पत्र

भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल महाराष्ट्र अरूणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जनसभाओं को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले पांच वर्ष यूपीए सरकार की गलतियों को सुधारने में बिताये हैं श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले पांच साल के शासनकाल में पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश ने विकास की नई रफ्तार हासिल कर ली है

डिजिटल इंडिया की रफ्तार हो कोलकाता से बनारस तक गंगा जी पर इन लैंड वॉटर ये का विस्तार हो हर क्षेत्र में नए भारत की गेस नीव तैयार हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठाने दिया है उत्तरी बंगाल की समस्याओं का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय की समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ चाय बागान मजदूरों की मुसीबतों को दूर करने के लिए भी कार्य कर रही है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मुद्दे पर श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि गैर कानूनी घुसपैठ के मामलों से कड़ाई से निपटा जाएगा श्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की भी आलोचना करते हुए कहा कि इसमें सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम की कृष्ठ धाराओं की समीक्षा की बात कही गई है उन्होंने कहा कि यह कानून आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सुरक्षा बलों के लिए एक कवच की तरह साबित हुआ है इससे पहले अरूणाचल प्रदेश में पासीघाट में एक रैली में श्री मोदी ने कहा कि सिर्फ एक हजार दिन के भीतर उनकी सरकार ने अंधेरे में रह रहे अट्ठारह हजार गांवों में बिजली पहुंचायी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी में एक जनसभा कहा कि उनकी पार्टी ने इस नये राज्य के गठन के लिए कठिन संघर्ष किया उन्होंने कहा कि भाजपा ने सशस्त्र सेनाओं की वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी की है श्री शाह ने कल जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजौरी जिलों में चुनावी सभाए कीं इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल नगालैंड के दीमापुर में एक रैली में कहा है कि अगर उनकी पार्टी केन्द्र में सत्ता में आयी तो वह दशकों प्रानी नगा राजनीतिक समस्या के समाधान के प्रयास करेगी इससे पहले कालियाबोर में एक रैली में श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन विधेयक का कभी समर्थन नहीं करेगी क्योंकि यह असम के लोगों के हितों के खिलाफ है उन्होंने देश के बीस प्रतिशत गरीब परिवारों को सालाना बहत्तर हजार रुपये देने के अपनी पार्टी के वायदे को दुहराया

आन्म्र प्रदेश के विशापट्टनम में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने जनता से किए गये वायदों को पूरा न करने के लिए कांग्रेस और भाजपा की आलोचना की उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आन्ध्र प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मेरठ बागपत और गाजियाबाद में चुनाव रैलियों को संबोधित किया मेरठ में आयोजित प्रबुद्वजनों की गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पांच वर्षो के दौरान देश के अन्दर किये गये सार्थक प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है उन्होंने दावा किया कि भारत अगले तीन वर्षो में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में प्रबुद्वजनों की भूमिका महत्वपूर्ण है सपा बसपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्वार्थ का गठबंधन है प्रबुद्वजनों की संगोष्ठी को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री ने मेरठ के बागपत संसदीय क्षेत्र के किनौनी गांव में भी एक रैली को संबोधित किया उधर सुल्तानपुर में कल भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया और जनसम्थन मांगा वहीं उप मुख्यनंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल ही श्रावस्ती और बहराइच लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित किया मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयन्त चौधरी ने गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में कई स्थानों पर रोड शो और नुक्कड़ सभायें कर लोगों से वोट देने की अपील की श्री चौधरी ने भाजपा पर समाज को बांटने का आरोप लगाया

नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के बत्तीसवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऑनलाइन रिक्षा साक्षरता दर बढ़ाने में भी सहायक है उन्होंने कहा कि इग्नू ने ऐसे अनेक पढ़ने वालों की राह आसान कर दी है जो उच्च शिक्षा के लिए नियमित तौर पर किसी संस्थान में नहीं जा सकते भारतीय जनता पार्टी ने कल आजमगढ़ संसदीय सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भोजपुरी गायक और कलाकार दिनेश लाल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये कल अपने पांच और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है जिसमें प्रतिष्ठित मानी जाने वाली रायबरेली संसदीय सीट से दिनेश प्रताप सिंह को कांग्रेस संरक्षक सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है वहीं मैनपुरी से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्रेम सिंह शाक्य पार्टी के उम्मीदवार होंगे

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिये प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किये जा रहे हैं बरेली लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार कांग्रेस से प्रवीण सिंह ऐरन और आंवला से भाजपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र कश्यप ने कल अपना नामांकन दाखिल किया भाजपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र कश्यप वर्तमान में आंवला से सांसद है सभी प्रत्याशियों ने यहां विकास को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है उधर कानपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया श्री जायसवाल दो बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं

तीसरे चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आज चार अप्रैल है वहीं चौथे चरण के लिये नामंकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो नौ अप्रैल तक चलेगी

सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को वोट डालने के महत्व की जानकारी देने के साथ साथ मतदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं मतदाताओं को ईवीएम मशीन के इस्तेमाल और वीवीपैट के बारे में जानकारी दी जा रही है चुनाव आयोग ने मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं खासकर दिव्यांगजनों के लिये विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं सुव्यवस्थित तरीके से मतदान सम्पन्न कराने के लिये मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है साथ ही मतदेय स्थलों को बेहतर एवं सभी सुविघाओं से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में प्रचार सामग्रियों को हटाने के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत अब तक कुल बत्तीस लाख नवासी हजार आठ सौ छाछठ वॉल राइअिंग पोस्टर्स बैनर्स आदि सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से हटा दिये गये है